त् रिम्स में आज से ओपीडी सेवा फिर से शुरू हो गई है कोरोना संक्रमण के कारण ये सेवा बंद की गई थी

उन्होंने नई दिल्ली में कहा कि इनमें से लगभग बीस समूहों को बेहतर सफलता मिल रही है श्री राघवन ने कहा कि वैक्सीन विकसित करने के लिए तीन तरह से काम किया जा रहा है इनमें स्वदेशी प्रयास अन्य कंपनियों के साथ सहयोग से किये जा रहे प्रयास और प्रमुख कंपनियों द्वारा की जा रही पहल शामिल हैं डॉक्टर विजयराघवन ने कहा कि भारतीय संस्थान इस वायरस के लिए चार तरह की वैक्सीन विकसित कर रहे हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान अठारह नये कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या दो सौ साठ हो गई है वहीं राज्य में अबतक दो सौ तेरह मरीज स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में अबतक कल संक्रमितों की संख्या चार सौ सत्हत्तर हो गई है राज्य में एक तरफ जहां कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो रहे हैं वहीं बाहर से आ रहे प्रवासी कामगारों के कारण संक्रमितों की संख्या बढती जा रही है कल देर शाम कोरोना वायरस के सैंपलों की आई जांच रिपोर्ट में गुमला के तीन मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं इस प्रकार जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढकर बीस हो गई है उपायुक्त शशि रंजन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अब तक तीन हजार तिरानबे सैंपल जांच के लिए इटकी आरोग्यशाला मेजे गये हैं जिनमें प्राप्त एक हजार आठ सौ चौरानबे जांच रिपोर्ट आई है जिनमें से बीस लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाये गये हैं उन्होंने कहा कि सभी मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है देष के दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों का झारखण्ड आने का सिलसिला लगातार जारी है अब तक देष के विभिन्न हिस्सों में फंसे साढ़े चार लाख श्रमिकों को झारखण्ड लाया गया है कल जहां श्रमिकों का एक जत्था फलाईट के जरिये रांची पहंचा वहीं श्रमिक स्पेषल ट्रेन से भी सैकडों मजदरों का आगमन हुआ लोहरदगा और लातेहार रेलवे स्टेषनों पर पहली बार श्रमिक स्टेषन ट्रेन का ठहराव हुआ त्रिपुरा के अगरतल्ला से लोहरदगा रेलवे स्टेषन पर आई ट्रेन से नौ सौ से ज्यादा श्रमिक पहंचे सभी श्रमिकों को सुरक्षित वाहनों के जरिये उनके गृह जिलों के लिए रवाना किया गया इससे पहले लातेहार रेलवे स्टेषन पर भी श्रमिक स्पेषल ट्रेन का ठहराव हुआ इस ट्रेन से भी हजारो मजदूर वापस अपने घर आये हैं साहिबगंज जिला मुख्यमंत्री के कोरोना कंट्रोल रूम के शिकायतों के निष्पादन में राज्य के चौबीस जिलों में पहले स्थान पर आ गया है

दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने की पहल राज्य सरकार ने शुरू कर दी है कोडरमा जिले में छह प्रवासी मजदूरों को फिलहाल क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों के लिए खाना बनाने का काम सौंपा गया है इसके बदले इन कुषल कारीगरों को चौबीस हजार रूपये प्रतिमाह मेहनताना दिया जायेगा जिले के उपायुक्त रमेष घोलप ने बताया की सभी प्रवासी मजदूरों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है और उनके कार्यकषलता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा श्रमिक सम्मान किचन में रोजगार मिलने से सत्गावा प्रखण्ड के पिंट पांडेय बेहद ख्य हैं उन्होंने बताया कि वे दिल्ली में एक रेस्ट्रेंट में कुक का काम करते थे अब यहां भी उनकी कुषलता के आधार पर उन्हें रोजगार मिल गया है हजारीबाग जिले में प्रवासी मजदूरों की संख्या बढ़ने के साथ ही अब प्रखण्ड स्तर पर भी स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जा रही है सभी प्रखण्डों में इसके लिए काउंटर का निर्माण किया जा रहा है जहां श्रमिकों की स्क्रीनिंग की जायेगी जिले के उपायुक्त डॉ भुवनेष प्रताप सिंह ने बताया कि प्रखण्डों में स्क्रीनिंग सेंटर बनाने के साथ ही आनेवाले समय में पूरे जिले को सर्विलांस में लेकर प्रत्येक परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य सर्वे कराया जायेगा गोड्डा के उप विकास आयुक्त सुनील कुमार ने जिला में बाहर से वापस आ रहे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रयास शुरू कर दिये हैं

आयोग ने गुजरात और बिहार की सरकारों तथा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ साथ गृह सचिव को नोटिस जारी कर यह बात कही आयोग ने कहा है कि आरोप लगाया जा रहा है कि यात्रा के दौरान कई प्रवासी मजदूरों को पेयजल और भोजन की कोई व्यवस्था न होने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है आयोग ने मीडिया रिपोर्टो का संज्ञान लेते हुए कहा है कि चार सप्ताह के भीतर इस मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए कोरोना संक्रमण के कारण पिछले दो महीने से रिम्स में बंद ओपीडी सेवा आज से फिर शुरू हो गई है रिम्स के निदेषक डॉक्टर डीके सिंह ने सभी चिकित्सकों को ओपीडी सेवा शुरू करने के लिए निर्देष दिया था ओपीडी में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उपाय किये गये हैं डॉक्टर सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से मिले निर्देष के बाद ये सेवा शुरू की जा रही है ओपीडी में मरीजों का इलाज सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक होगा मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के मौके पर कल से राज्यभर में चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान के दूसरे चरण की शुरूआत हो गई है रांची में राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेष ठाक्र ने इस विषेष अभियान का शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अभियान शहर से लेकर गांव तक चलाया जायेगा और महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जायेगा उन्होंने कहा कि आज भी हम रूढ़ीवादिता में जी रहे हैं और यही वजह है कि महिलायें मासिक धर्म के प्रति चर्चा में हिचकिचाती हैं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

इससे पहली जुन से केरल में दक्षिण पश्चिम मानसुन की शुरुआत की परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है अगर परिस्थियां अनुकूल बनी रही तो दस से पन्द्रह जून के बीच मॉनसून झारखण्ड में भी दस्तक देगा इस बीच झारखण्ड के विभिन्न हिस्सों में मौसम में बड़ा परिवर्तन आया है कई जगहों पर तेज हवा के साथ बारिष हुई है इससे तापमान में गिरावट आई है और लोग भीषण गर्मी से थोडी राहत महसुस कर रहे हैं भारत सरकार द्वारा गरीबो के लिए भेजे जा रहे राशन पर गिरिडीह जिला में सम्पन्न लोगों ने डाका डाल रखा है गिरिडीह के उपायुक्त राहल कुमार सिन्हा ने जिले में अयोग्य राशन कार्डधारियों के विरुद्व सत्यापन अभियान चलाया है

उन्होंने बताया कि गिरिडीह में सरकारी नौकरी करने वालों ने भी राशनकार्ड बनवा रखे हैं ये संपन्न लोग गरीबों के हिस्से का राशन उठा ले रहे हैं ऐसे लोगों की संख्या छह हजार है जिले में सात हजार डुप्लीकेट राशनकार्ड बने हुए हैं डीएसओ डॉ सुदेश ने बताया कि शिक्षक और दूसरे सरकारी नौकरी करने वाले दो सौ लोगों ने कार्ड सरेंडर किया है जिनके विरुद्व विभागीय कार्रवाई की जा रही है इन लोगों से बारह फीसदी वार्षिक दर से जुर्माना वसुल किया जा रहा है उन्होंने बताया कि गिरिडीह में तीन हजार चार सौ अठाईस ऐसे कार्डधारी है जिन्होंने छह माह से राशन नहीं उठाया है सभी एमओ और निगरानी समिति को अयोग्य कार्डधारियों को छांटने और योग्य व्यक्ति का नाम जोड़ने का अभियान शुरू किया गया है वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कर दाताओं को तत्काल पैन नम्बर आवंटित करने की सुविधा का विधिवत श्भारंभ किया यह सुविधा ऐसे आवेदकों को मिलेगी जिनके पास वैध आधार संख्या के साथ साथ आधार से जुडा पंजीकृत मोबाइल फोन नम्बर भी होगा आवंटन की प्रक्रिया में कागज का इस्तेमाल नहीं होगा और आवेदक को निःशल्क इलेक्टॉनिक पैन या ई पैन आवंटित किया जाएगा आयकर विभाग ने आधार नम्बर वाले आवेदकों को तत्काल पैन नम्बर आवंटित करने की सुविधा बारह फरवरी को परीक्षण के तौर पर शुरू की थी तब से पच्चीस मई तक छह लाख सतहत्तर हजार पैन नम्बर हाथोंहाथ आवंटित किए गए हैं और इसमें करीब दस मिनट का समय लगा है कर दाताओं को आयकर विभाग ने अब तक कुल पचास करोड़ बावन लाख पैन नम्बर आवंटित किए हैं जिनमें से उनचास करोड उनचालीस लाख व्यक्तिगत आयकरदाता और बत्तीस करोड सत्रह लाख आधार से जुडे करदाता हैं हाथोंहाथ पैन नम्बर प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक को आयकर विभाग की ई फाईलिंग वेबसाइट पर जाकर अपना आधार नम्बर उपलब्ध कराना होता है इसके बाद उन्हें पंजीकृत मोबाइल फोन पर प्राप्त ओ टी पी को भेजना होगा इसके बाद पन्द्रह डिजिट वाला पावती नम्बर दिया जाएगा